सबसे पहले की जाएगी डाक मतपत्रों की गिनती मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह अजीत जोगी धरमलाल कौशिक भूपेश बघेल टीएस सिंहदेव सहित एक हजार दो सौ उनहत्तर प्रत्याशियों की चुनावी प्रतिष्ठा दांव पर प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा कल दोपहर दो बजे से विशेष चुनाव बुलेटिन और चुनाव पर आधारित परिचर्चा कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा इसे प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ रिले करेंगे बंगाल की खाड़ी में हलचल के कारण प्रदेश में कई स्थानों पर हुई बारिश र ै अगले दो दिनों में भी कहीं कहीं गरज चमक के साथ पड़ सकती हैं बौछारें

छत्तीसगढ़ की नब्बे सदस्यीय निवर्तमान विधानसभा में सत्तारूढ़ भाजपा के उनचास कांग्रेस के उनतालीस और अन्य के दो सदस्य हैं

जिन प्रमुख राजनीतिक चेहरों के चुनाव में परिणामों पर लोगों की विशेष नजर रहेगी उनमें शामिल हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव से कांग्रेस प्रत्याक्षी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी करूणा शुक्ला पूर्व मुख्यमंत्री और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रमुख अजीत जोगी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल

आकाशवाणी समाचार के लिए रायपुर से मैं हितेश रावत

इनमें पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की पत्नी और पिछली बार कोटा से कांग्रेस विधायक रही डॉक्टर रेणु जोगी भी शामिल हैं उन्होंने इस बार कांग्रेस का दामन छोड़कर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के उम्मीदवार के रूप में इसी सीट से भाग्य आजमाया है वहीं पूर्व मंत्री लता उसेंडी राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हर्षिता पांडेय देवती कर्मा ऋचा जोगी के अलावा संयोगिता सिंह जूदेव के भी भाग्य का फैसला कल होगा गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जहां चौदह महिलाओं को मौका दिया तो वहीं कांग्रेस ने भी तेरह महिलाओं को अपना प्रत्याशी बनाया पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो भाजपा ने ग्यारह महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था जिनमें से छह को जीत मिली थी वहीं कांग्रेस ने चौदह महिलाओं पर भरोसा जताया था जिसमें चार उम्मीदवार ही जीतकर आई थी

सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मंशीनों से गिनती शुरू होगी राज्य में पहली बार करीब एक लाख पोस्टल और सर्विस वोटों की गिनती की जाएगी पहली बार इतनी अधिक संख्या में सरकारी कर्मचारियों ने डाक मतपत्रों और ईटीपीबीएस के जरिये मतदान किया है प्रदेश को बाहर सरकारी ड्यूटी में तैनात राज्य के मतदाताओं को पहली बार ईटीपीबीएस के जरिये ऑनलाइन डाक मतपत्र भेजे गए थे मतगणना के दौरान प्रत्येक राउंड के मतों की गणना सभी टेबलों में एक साथ होगी सुबह सात बजे मतगणना स्थल पर बने स्ट्रांग रूम का ताला निर्वाचन अधिकारी सामान्य प्रेक्षक तथा प्रत्याशियों अथवा उनके अभिकर्ताओं की उपस्थिति में खोला जाएगा ईव्हीएम को कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम से मतगणना कक्ष तक लाया जाएगा निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार स्ट्रांग रूम से मतगणना हॉल तक ईवीएम मशीनों के परिवहन के मार्ग में भी सीसीटीवी कैमरा लगाया जा रहा है जिसके फूटेज आरओकी टेबल में लगे स्क्रीन पर देखे जा सकेंगे और इस पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी करायी जाएगी प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में मतों की गिनती के लिए चौदह चौदह टेबल लगाए जाएंगे इसके अलावा एक एक टेबल पोस्टल बैलेट और वीवीपैट की गिनती के लिए होंगे सभी टेबलों की गिनती पूरी होने के बाद ही अगले राउंड की गिनती शुरू की जाएगी प्रत्याशी किसी भी राउंड की मतगणना के बाद आपत्ति दर्ज करा सकते हैं जिसका निराकरण रिटर्निंग ऑफिसर करेंगे

प्रत्याशी किसी भी राउंड की मतगणना के बाद अपनी आपत्ति दर्ज करा सकेंगे

मतगणना के लिए पांच हजार से अधिक गणनाकर्मी और करीब डेढ़ हजार माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं प्रदेश में कवर्धा विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक तीस चरणों में और मनेन्द्रगढ़ में सबसे कम ग्यारह चरणों में मतों की गिनती पूरी होगी निर्वाचन आयोग के अनुसार प्रत्याशी द्वारा अधिकृत अभिकर्ताओं को ही मतगणना हॉल में उपस्थित रहने की अनुमति होगी अधिकृत अभिकर्ताओं को फोटो पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं किसी भी व्यक्ति को मतगणना हॉल में मोबाइल फोन इत्यादि सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी मतगणना विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने मतगणना के ताजा रूझानों और परिणामों के विशेष कार्यक्रम के प्रसारण को देखते हुए अपने नियमित बुलेटिनों के समय में परिवर्तन किया है दोपहर बारह बजे का अंग्रेजी बुलेटिन पांच मिनट की बजाय दस मिनट का होगा हिन्दी बुलेटिन बारह बजकर दस मिनट से बारह बजकर बीस मिनट तक प्रसारित होगा दोपहर के हिन्दी और अंग्रेजी समाचार बुलेटिन की अवधि पन्द्रह मिनट बढ़ाई गई है

शाम छह बजे का अंग्रेजी और हिन्दी बुलेटिन भी दस दस मिनट का होगा इसके अलावा सवेरे साढ़े आठ बजे से दोपहर दो बजे तक मतगणना के परिणामों की ताजा जानकारी देने के लिए विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा रात साढ़े नौ बजे से साढ़े दस बजे तक रेडियो ब्रिज कार्यक्रम होगा समाचार बुलेटिन समय परिवर्तन श्रोताओं छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की मतगणना के मद्देनजर प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा कल हर घंटे प्रसारित किए जाने वाला दस मिनट का विशेष समाचार बुलेटिन अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है वहीं दोपहर दो बजे विशेष चुनाव बुलेटिन और चुनाव पर आधारित परिचर्चा कार्यक्रम का प्रसारण यथावत रहेगा इसे प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ रिले करेंगे श्रोताओं कल शाम छह बजे छत्तीसगढ़ी में प्रसारित होने वाले समाचार बुलेटिन का समय पांच मिनट बढ़ाया गया है

इसके अलावा समाचार सेवा प्रभाग द्वारा सुबह साढ़े आठ बजे से दोपहर दो बजे तक और रात साढ़े नौ बजे से साढ़े दस बजे तक लाईव रेडियो ब्रिज कार्यक्रम का प्रसारण होगा जिसमें चुनावी परिणाम को लेकर विशेषज्ञ के साथ बातचीत होगी वीरनारायण सिंह छत्तीसगढ़ के अमर शहीद वीरनारायण सिंह के शहादत दिवस पर आज कृतज्ञ राज्य उन्हें विनम्र श्रद्वांजलि दे रहा है मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने उन्हें श्रद्वांजलि देते हुए अपने संदेश में कहा कि देश की आजादी और मातृभूमि के प्रति उनका समर्पण और बलिदान युगों युगों तक याद रहेगा उन्होंने सन अट्ठारह सौ संतावन के प्रथम भारतीय स्वंतत्रता संग्राम के दौरान छत्तीसगढ़ की जनता में देशभक्ति की भावना का संचार किया और आम जनता के क्रांतिकारी नायक बनकर उभरे हैंडबॉल प्रतियोगिता दसवीं एनएमडीसी कप सीनियर छत्तीसगढ़ राज्य हैंडबॉल प्रतियोगिता बारह से चौदह दिसंबर तक भिलाई में खेली जाएगी छत्तीसगढ़ हैंडबॉल संघ द्वारा आयोजित इस स्पर्धा में पांच सौ से अधिक पुरूष और महिला खिलाड़ी भाग लेंगे स्पर्धा में शामिल होने वाली टीमो में प्रमुख हैं भिलाई इस्पात संयंत्र जांजगीर चांपा कोरबा रायगढ़ रायपुर नगर निगम मौसम बंगाल की खाड़ी में हलचल के कारण प्रदेश के मौसम ने करवट ली है और पिछले चौबीस घंटों के दौरान रायपुर सहित कई स्थानों पर ठंडी हवाओं के साथ बूंदाबांदी हुई हालांकि सरगुजा और बिलासपुर संभाग में न्युनतम तापमान बढा है सरगुजा में अभी कड़ाके की ठंड पड़ रही है जहां न्यूनतम तापमान करीब दस डिग्री सेल्सियस पहंच गया है वहीं रायपुर में इस समय न्यूनतम तापमान अट्ठारह डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों में प्रदेश में कई स्थानों पर बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं बादल छंटने के बाद प्रदेश में और ठंड बढ़ने की संभावना है संक्षिप्त समाचार राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के मौके पर आज रायगढ़ में राष्ट्रीय मानव अपराध नियंत्रण संगठन के सदस्यों ने जिला जेल जाकर कैदियों से बात की साथ ही इस प्रतिनिधिमंडल ने पांच कैदियों की सजा कम करने की भी सिफारिश की महासमुंद क्राइम बांच की टीम ने ओडिसा से बागबाहरा के रास्ते अवैध गांजा का परिवहन करते दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है इनके पास से जब्त किए गए गांजे की कीमत करीब ढाई लाख रुपए बताई जा रही है ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन ने प्रदेश टेनिस संघ के अध्यक्ष विक्रम सिसोदिया को इंडियन डेविस कप कमेटी का सदस्य नियुक्त किया है

दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल विद्यालय में आज मध्मक्खियों के हमले में करीब चालीस बच्चे घायल हो गए जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है